ये सभी कोरोना पॉजिटिव मरीज तबलीगी जमातियों के संपर्क में आए थे

आरडी धीमान ने कहा कि इन मरीजों को टांडा में बने आइसोलेशन वार्ड में दाखिल किया जाएगा

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने तबलीगी जमात के कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आए लोगों का तुरंत पता लगाने के लिए वृहद अभियान शुरू करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके कोरोना वायरस के दृष्टिगत कल प्रदेश के उपायुक्तों पुलिस अधीक्षकों व मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस से हुई एक बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि इन लोगों की चिकित्सा जांच करवाने तक इन्हें क्वारंटाइन में रखा जाए मुख्यमंत्री ने लोगों ने आग्रह किया कि इस वायरस को फैलने से रोकने व ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करने में अपना सहयोग दें जयराम ठाक्र ने कहा कि यात्रा का ब्यौरा छिपाने वाले व्यक्तियों तथा उन्हें आश्रय देने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी

उन्हें मानव से पशुओं में और पशुओं से मानव में वायरस फैलने से रोकने के तुरंत उपाय करने को कहा गया है मंत्रालय ने इस संबंध में कार्यबल या द्रुत कार्रवाई बल गठित करने का भी सुझाव दिया है ताकि किसी भी स्थिति का तुरंत प्रबंधन किया जा सके बैठक कोरोना वायरस के बीच उपजे निजामुदीन प्रकरण के चलते कल मंडी ज़िला प्रशासन और पुलिस ने पीस कमेटी की बैठक बुलाकर सभी धर्मो के लोगों से सहयोग की अपील की इसमें सभी धार्मिक और सामाजिक संगठनों से आए प्रतिनिधियों ने भाग लिया बैठक की अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक मंडी गुरदेव शर्मा ने की उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति चाहे वे किसी भी धर्म के हों जो हाल ही में दूसरे राज्यों या फिर विदेश से हिमाचल आए हैं वे अपनी जानकारी तुरंत पुलिस और प्रशासन को दे ताकि इस महामारी की रोकथाम की जा सके अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

दिव्य हिमाचल का कहना है हिमाचल में भी सीएम विधायकों का कटेगा वेतन

दैनिक जागरण लिखता है मंत्रियों व विधायकों के वेतन में कटौती कैबिनेट का फैसला पंजाब केसरी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखता है तबलीगी जमात ने देश को संकट में डाला

दैनिक जागरण के अनुसार नौ और पॉजिटिव सभी का संबंध जमात से ऊना के कठेड़ा खैरला में रह रहे थे सभी दिव्य हिमाचल के शब्द हैं हिमाचल में कोरोना के नौ नए मरीज हिमाचल दस्तक का कहना है ऊना में नौ और पॉजिटिव सभी का जमात कनेक्शन सीएम के आदेश सभी की मैपिंग कर टेस्ट करवाएं

प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों को जयराम सरकार ने दी राहत शीर्षक से दैनिक सवेरा टाइम्स लिखता है पहली से नौवीं तक के विद्यार्थी होंगे अगली कक्षा में प्रमोट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

नमस्कार